गंगानारायण सिंह मध्रपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार घोषित तीस मार्च को करेंगे नामांकन राष्ट्रीय पुरुष सब जुनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने हरियाणा को हराकर खिताब अपने नाम किया शुरुआत कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए समी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 पीएम बांग्ला देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो दिवसीय बांग्लादेश दौरा आज से शुरू हो रहा है बांग्लादेश यात्रा के लिए रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि और विँकास के प्रयासों में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्रदर्शी नेतृत्व में देश के उल्लेखनीय विकास की सराहना करने का अवसर मिलेगा उन्होंने कहा कि ये कोविड महामारी से बांलादेश की लडाई के लिए भारत का समर्थन और एकजुटता प्रकट करेंगे उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कोरोना काल शुरू होने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा पड़ोसी मित्र देश की होगी बांग्लादेश के साथ भारत के प्रगाढ़ सांस्कृतिक और भाषाई संबंध हैं तथा दोनों देशों के लोगों के बीच अच्छा संपर्क है राज्य कोरोना राज्य में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर लगातार तेजी से बढ रहा है

इनमें सर्वाधिक एक सौ सतर मामले रांची के हैं

पूराने मरीजों के स्वस्थ होने से अधिक नए संक्रमित मिलने से यहां कोरोना के सक्रिय मामले की संख्या भी लगातार बढ रही है

गिरिडीह कोरोना गिरिडीह जिले में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है सिविल सर्जन डॉक्टर एस सान्याल ने एक नए मामले की पृष्टि की है उन्होंने बताया कि गुजरात से लौटे एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पृष्टि हई है जिसका इलाज शुरू कर दिया गया है सिविल सर्जन ने बताया ँकि जिले में अब तक एक लाख से अधिक लोगों को कोर्विड के टीके लगाए जा चुके हैं इधर जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने देश भर में बढ़ रहे संक्रमण के मामलो को देखते हुए जिले में ऐहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है उन्होंने ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देते हए समी निजी अस्पतालों को दस फीसदी बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया है

टीकाकरण को लेकर ब्जुर्गो में खासा उत्साह है

इन महिलाओं ने सेना में स्थायी कमीशन देने की मांग की है न्यायालय ने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एसीआर की प्रकृति को त्रटिपूर्ण और भेदभावपूर्ण बताया है एसीआर मुल्यांकन प्रक्रिया को मनमाना और अतार्किक बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मापदंड में सेना में उनकी ख्याति और उपलब्धि की अनदेखी की गई है

इनमें प्राचार्य उपप्राचार्य स्नाकोतर शिक्षक और ट्रेंड स्नातक शिक्षक के पद शामिल हैं झारखंड के एकलव्य विद्यालयों में दो सौ आठ पदो के विरुद्ध वैकेंसी निकाली गई है अभ्यर्थी एक अप्रैल से तीस अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं

भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल उनके नाम की घोषणा की

इस उपचुनाव के लिए सत्रह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और दो मई को मतों की गिनती होगी सजा कोडरमा जिले की निचली अदालत ने हत्या के एक मामले में चार अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनायी है अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन रमाशंकर सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मामले की सुनवाई करते हुए मृतकों के माता पिता और चाचा चाची को सजा ए मौत का फैसला सुनाया बताया जाता है कि पच्चीस अगस्त दो हजार अठारह में जिले के चंदवारा थानाक्षेत्र के मदनगंडी में एक बीस वर्षीय युवती की हत्या उसके परिजनों ने कर दी थी और साक्ष्य छपाने की नीयत से शव को जलाने का प्रयास किया था इस मामले को लेकर कोडरमा न्यायालय में स्पीडी ट्रायल किया गया मूर्ति बरामद हजारीबाग जिले के बहोरनपुर स्थित पुरातात्विक स्थल से चोरी गई भगवान बुद्ध की दोनों प्रतिमायें पुलिस ने रांची से बरामद कर ली है इस सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है गौरतलब है कि ये दोनों प्रतिमायें जिले के सदर प्रखंड स्थित बहोरनपुर में खुदाई के बाद मिली थी जिले के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि मूर्ति चोरी की इस घटना में बिहार के बांका के अलावा रांची के लोग शामिल थे

पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश सभी जिलों के एसपी और इकाई प्रमुखों को जारी कर दिया है

पुलिस की गश्त तेज करने के साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का आदेश भी दिया गया है आदेश में कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में पुलिसकर्मी अपने एसपी या नियंत्री पदाधिकारी की अनुमति से अवकाश ले सकते हैं जूनियर हॉकी राष्ट्रीय पुरुष सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने हरियाणा को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है

जिंद में आयोजित फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने हरियाणा को तीन के मुकाबले एक गोल से पराजित किया निर्घारित समय में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी मैच का फैसला पेनाल्टी शूटआउट में हुआ भारत इंग्लैंड क्रिकेट भारत और इंग्लैंड के बीच दसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर डेढ बजे से पृणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेला जाएगा चोंटिल श्रेयस अय्यर की जगह इस मैच में ऋषम पंत या सुर्यकमार यादव में से किसी एक को मौका मिल सकता है

भारतीय टीम अगर यह मैच जीत जाती है तो वह घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार छठी द्विपक्षीय सीरीज जीत लेगी अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले समी प्रमुख अखबारों ने कोरोना के बढ़ते मामले को पहले पन्ने की सुर्खी बनाया है दैनिक हिंदुस्तान ने स्टेट बैंक की कोरोना पर रिपोर्ट को पहले पन्ने पर जगह दी है अखबार ने शीर्षक बनाया है सौ दिन चल सकती है दुसरी लहर वहीं कोडरमा में हॉरर किलिंग के मामले में मिली सजा को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है शीर्षक है हॉरर किलिंग में युवती के मां व बाप समेत चार लोगों को फांसी की सजा प्रभात खबर ने लापरवाही से बढ़ रहा कोरोना हमारा संयम रोक सकता है यह दूसरी लहर इस शीर्षक को अपनी पहली सुर्खी बनाई है वहीं सातवीं तक की कक्षाएं खुलने की उम्मीद नहीं बच्चे अगली कक्षों में होंगे प्रमोट इस खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है

इसके अलावा ऑनर किलिंग के मामले में मां बाप समेत चार को फांसी की खबर को दूसरी सुर्खी बनाई है